यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाया गया मोटर वाहन अधिनियम के संशोधित प्रावधान आज से लागू

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कलराज मिश्र अब राजस्थान के नये राज्यपाल होंगे वे अब तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा रहे थे बण्डारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है आरिफ मोहम्मद खान को केरल भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र और डॉ तमिलीसाई सौन्दर्यराजन को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलराज मिश्र को राजस्थान के राज्यपाल बनाये जाने पर बधाई दी है

इसके बाद कल लैंडर विक्रम आर्बिटर से अलग हो जाएगा

रोवर चंद्रमा की सतह से महत्वपूर्ण जानकारी लेगा और लैंडर को देगा लैंडर विक्रम इसे आर्बिटर को भेजेगा

सम्मेलन के दौरान भूमि की गुणवत्ता कम होने की समस्या पर विचार किया जाएगा केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मरुस्थलीकरण से निपटने के भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए हाल में कहा था कि यह समस्या पूरे विश्व की है और भारत इससे निपटने के प्रयासों का नेतृत्व करेगा

इस वर्ष का विषय है प्रक आहार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सप्ताह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कपोषण का उल्लेख करते हुए कहा था जागरूकता के अभाव में निर्धन और संपन्न परिवार क्पोषण के शिकार होते हैं

उन्होने कहा कि योजना में शामिल परिवारों को संपूर्ण चिकित्सा सुविधायें कैशलैस उपलब्ध होंगी

उन्होने बताया कि नई योजना में शिकायतों के समाधान के साथ साथ किसी तरह की गडबड़ी को रोकने के लिये भी समुचित व्यवस्था की गयी है

इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड बढ़ाया गया है लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने पर अब सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये भरने होंगे लापरवाही से तेज गाड़ी चलाने पर एक हजार की जगह पांच हजार रुपये का दंड भरना होगा

बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा बीमा की प्रति के बिना वाहन चलाने पर दो हजार रुपये भरने होंगे किशोर के गाड़ी चलाने पर उसके अभिभावक और वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा

हैलमेट के बगैर दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार पांच सौ रुपये और दोबारा ऐसा करने पर डेढ़ हजार रुपये का आर्थिक दंड देना होगा और दुपहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाने पर सौ रुपये की जगह पांच सौ रुपये भरने होंगे

प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में भी पंजीकृत मतदाताओं की प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए आज से अभियान चलाया जा रहा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने आज जयपुर स्थित सचिवालय में इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आम नागरिकों और मतदातों से अर्पील की कि वे इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों का ऑनलाईन सत्यापन करायें ताकि त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके

उन्होंने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

इधर गणेश चतुर्थी के अवसर पर सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर में लगने वाला त्रिनेत्र गणेश मेला आज से शुरू हो गया है

श्रीगंगानगर बूंदी और नागौर में भी अच्छी बारिश के समाचार हैं

इसी तरह बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध के चार कोटा बैराज बांध के दो डूंगरपुर के सोम कमला अंबा बांध के चार और झालावाड़ के कालीसिंध बांध का एक गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है प्रदेश में अब तक बीस जिलों में सामान्य से अधिक बरसात हो चुकी है जिसमें अजमेर बूंदी झुंझुनू नागौर राजसमन्द और सीकर जिलों में असामान्य वर्षा हुई जबकि नौ जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई हालांकि राज्य में औसत सामान्य से अधिक वर्षा होने के बावजूद राज्य के हनुमानगढ श्रीगंगानगर अलवर और करौली जिलों में अभी भी बरसात की कमी बनी हई है मौसम विभाग के अनुसार कल तक बीकानेर बांसवाड़ा ड्रंगरपुर चित्तौड़गढ जैसलमेर और जोधप्र जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है

नागौर में आज से बाबा रामदेव मंदिरों में मेलों की शुरूआत हुई

झालावाड़ स्थित मिनी सचिवालय में आज विधिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किये गये बीकानेर के छतरगढ के पास आज खेत के कृण्ड में डूब जाने से एक बच्चे की मौत हो गई